एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने यह जानकारी देते हुए लोगों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है इसके पहले प्रधानमंत्री ने कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो काफ्रेंस से संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अग्रिम पंक्ति में हैं देश में तीस से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही है और इनमें से तीन अग्रिम चरण में है उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा

अब सुरखी जौरा मुरैना अम्बाह गोहद विधानसभा क्षेत्र में पन्द्रह पन्द्रह प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि दिमनी भाण्डेर करैरा पोहरी मुंगावली और सांवेर में तेरह तेरह प्रत्याशी हैं इसके अलावा सुमावली अशोकनगर और ग्वालियर में नौ नौ ग्वालियर पूर्व गुना और अनूपपुर में बारह बारह मंधाता नेपानगर और व्यावरा में आठ आठ डबरा में चार मलहरा में उन्नीस आगर में आठ हाटपिपल्या में ग्यारह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं

वहीं उज्जैन में चार दमोह और नीमच में बारह बारह नये मरीज मिले हैं जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को दस हजार करोड़ रूपये तक का ऋण दे सकती है उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस योजना में अधिक से अधिक सुविधाएं बढाने पर जोर दिया गया है एनसीडीसी केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठायेगी